प्रदेश में आज ईद उल फितर का त्यौहार पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है

पहला सत्र दोपहर एक बजे से शाम पांच बजे तक होगा जिसमें सभी संभागायुक्त कलेक्टर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और नगर निगमों के आयुक्त उपस्थित रहेंगे कॉन्फ्रेंस का दूसरा सत्र शाम पांच बजे से रात सात बजे तक आयोजित किया जाएगा इसमें सभी संभागायुक्त पुलिस महानिरीक्षक कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजना नरवा गरूवा घुरूवा और बाड़ी लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति तथा वन अधिकारी अधिनियम के तहत निरस्त आवेदनों की समीक्षा की जाएगी इसके अलावा कॉन्फ्रेंस में शहरी भूमि के पट्टों के नवीनीकरण नदियों की भूमि के सीमांकन जल संरक्षण के लिए किए गए उपायों और सिंचाई रकबा दोगुना करने के लिए तैयार की गई कार्ययोजना की भी समीक्षा की जाएगी शिक्षक अटैचमेंट समाप्त लोक शिक्षण संचालनालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर शिक्षकों का अटैचमेंट खत्म कर तत्काल उन्हें मूल पदों पर भेजने का निर्देश दिया है पत्र में कहा गया है कि गैर शिक्षकीय कार्यों में लगे शिक्षकों का संलग्नीकरण तत्काल खत्म कर मुल विभाग में लौटाने का आदेश जारी किया गया है लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में दस जून तक रिपोर्ट मांगी है व्यावसायिक प्रशिक्षण शल्क केंद्र सरकार ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत संचालित जन शिक्षण संस्थानों के व्यावसायिक प्रशिक्षण में दाखिला लेने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों का शिक्षण शुल्क माफ कर दिया है केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित पहली समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया

अब नियोक्ता अपने कर्मचारियों को दस जुलाई तक यह फॉर्म जारी कर सकेंगे पहले यह तिथि पंद्रह जून थी नियोक्ताओं द्वारा फॉर्म चौबीस क्यू में आयकर विभाग को टीडीएस जमा करने की अंतिम तिथि एक महीना बढ़ाकर तीस जून कर दी गई नीट परिणाम मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट के परिणाम आज घोषित कर दिए गए राजस्थान के नलिन खंडेलवाल पहले स्थान पर रहे जबकि दिल्ली के भाविक बंसल उत्तरप्रदेश के अक्षत कौशिक तीसरे स्थान पर रहे नीट परीक्षा एमबीबीएस और बीडीएस दसरे और पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित की जाती है तेलंगाना की मालिनी रेड्डी बालिकाओं में सर्वोच्च स्थान पर रही है और उन्होंने अखित भारतीय सूची में सातवां स्थान प्राप्त किया है इस साल की नीट परीक्षा में करीब चौदह लाख ग्यारह हजार उम्मीदवार शामिल हुए थे जिनमें से सात लाख संतानवे हजार उत्तीर्ण हए रेलवे डिजीटलाइजेशन हट रायपुर रेलमंडल में आज रोलिंग इन रोलिंग आउट डिजीटलाइजेशन हट का शुभारंभ मंडल रेल प्रबंधक कौशल किशोर की उपस्थित में किया गया डिजीटलाइजेशन हट के लगने से ्रायपुर स्टेशन पर प्रवेश करने वाली और यहां से निकलने वाली गाड़ियों का निरीक्षण डिजीटलाइजेशन हट से किया जाएगा

विश्व पर्यावरण दिवस आज विश्व पर्यावरण दिवस है दुनियाभर में पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए हर वर्ष पांच जून को यह दिवस मनाया जाता है ताकि प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए रचनात्मक कदम उठाए जा सकें भारत ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्वच्छ पर्यावरण के लिए देश की प्रतिबद्वता दोहराई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि प्रकृति के साथ सामांजस्य से भविष्य बेहतर होगा छत्तीसगढ़ में भी पर्यावरण के संरक्षण और इसके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अनेक आयोजन किए जा रहे हैं इस दौरान अनेक स्थानों पर रैलियां निकाली गईं साथ ही चित्रकला नारा लेखन जैसी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई इस अवसर पर लोगों ने पर्यावरण को बचाने का संकल्प भी लिया छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा आज रायपुर के नवीन विश्राम गृह में सुबह विद्यालयीन और कॉलेज स्तर के विद्यार्थियों के लिए पोस्टर और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे गए इसके अलावा विश्व पर्यावरण की थीम करेंगे संग वायु प्रद्षण से जंग विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया वहीं रायपुर रेलमंडल द्वारा पीपी यार्ड में वृक्षारोपण किया गया इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की प्रदर्शनी लगाई गई प्रदर्शनी का शुभारंभ मंडल रेल प्रबंधक कौशल किशोर ने किया इससे पहले दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे भारत स्काउट्स और गाईड द्वारा पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने रैली निकाली गई विश्व कप क्रिकेट इंग्लैंड में हो रहे विश्व कप क्रिकेट ट्र्नामेंट के तहत आज साउथैम्पटन में दक्षिण अफ्रीका ने भारत के सामने जीत के लिए दो सौ अट्ठाईस रनों का लक्ष्य रखा है जवाब में भारत ने खबर लिखे जाने तक एक ओवर में बिना कोई विकेट खोए तीन रन बना लिए हैं भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और रोहित शर्मा इस समय क्रीज पर है इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम ने निर्धारित पचास ओवर में नौ विकेट के नुकसान पर दो सौ सत्ताईस रन बनाए दक्षिण अफ्रीका की ओर से सबसे अधिक बयालीस रन क्रिस मॉरिस ने बनाए जबकि कप्तान ड्र प्लेसिस ने अड़तालीस रनों का योगदान दिया भारत की ओर से स्पिनर युजवेंद चहल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार विकेट चटकाए बुमराह और भुवनेश्वर ने दो दो विकेट लिए जबकि कुलदीप यादव को एक विर्केट मिला मल्टीप्लेक्स प्रदर्शन प्रदेश के मल्टीप्लेक्स में छत्तीसगढ़ी फिल्मों के प्रदर्शन की मांग को लेकर आज छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माता निर्देशक और कलाकारों ने धरना प्रदर्शन किया राजधानी रायपुर में प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने के बाद निःशर्त रिहा कर दिया गया इस बीच छत्तीसगढ़ सिने एंड टेलीविजन एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने संस्कृति मंत्री ताम्रध्वज साहू से मुलाकात की और अपनी मांग रखी मंत्री ने एसोसिएशन की बात को ध्यान से सुना और उनकी मांगों पर नियमानुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया तथा कहा कि आगामी सात जून को इस संबंध में बैठक की जाएगी ईद उल फितर प्रदेश में आज ईद उल फितर का त्यौहार पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर ईदगाहों और मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति पर यह पर्व मनाया जाता है कल शाम से ही मुस्लिम बहुल इलाकों और मस्जिदों में विशेष सजावट की गई थी राजधानी रायपुर में आज ईदगाह भाटा सहित विभिन्न मस्जिदों में ईद की विशेष नमाज अदा की गई इसके बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी उसके बाद घरों में ईद की मीठी सेवईयां शीर खुरमे और पकवानों का दौर चल पड़ा लोगों ने एक दूसरे के घरों में जाकर ईद की बधाईयां दीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईदगाहभाटा पहुंचकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को बधाई दी मुख्यमंत्री ने कहा कि ईद का त्यौहार भाईचारे सद्भाव और धैर्य का प्रतीक है यह गरीबों और जरूरतमंदों को मदद करने की सीख देता है